देष में कोरोना पीड़ित मरीजों के स्वस्थ होने की दर अड़तालिस प्रतिषत पहुंची

राज्य में तिरेपन नये संक्रमित मरीज मिलने के बाद कोरोना से पीड़ितों की संख्या बढ़कर सात सौ उन्यासी हो गयी है इनमें तीन सौ इक्कीस मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो गये हैं राज्य में कल तिरेपन नये मरीज मिले

उधर कोडरमा जिले में एक और कोरोना पोजेटिव मामले की पुष्टि हुई है कोरोना संक्रमित व्यक्ति डोमचांच प्रखंड के ढाब रोड का रहने वाला है पिछले दिनों वह महाराष्ट्र से लौटा था जिसके बाद उसे डोमचांच के क्वारेंटीन सेंटर में रखा गया था

भारत में इस बीमारी की वजह से मृत्युदर दो दशमलव आठ शून्य प्रतिशत है

केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटे भारतीय नागरिकों के कौशल का आकलन करने और उनको रोजगार उपलब्ध कराने में मदद देने के लिए उनका डेटाबेस बनाने की दिशा में पहल की है कौशल संपन्न श्रमिक डेटाबेस स्वदेश नाम की यह पहल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय नागर विमानन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है स्वदेश का लक्ष्य घरेलू और विदेशी कंपनियों की श्रमशक्ति की मांग पूरी करने के लिए कौशल संपन्न और अनुभवी नागरिकों का एक डेटाबेस बनाना है राजधानी रांची रिथत राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स को राज्य को पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी षुरू कर दी गयी है रिम्स प्रबंधन ने कल इससे संबंधित प्रस्ताव स्वास्थ्य मंत्री को सौंप दिया है रिम्स के निदेषक डॉ बीके सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखेगा और वहां से स्वीकृति मिलने के बाद विधानसभा से पास कराया जायेगा इससे पहले रिम्स निदेषक ने बीते सोमवार राज्यपाल से मुलाकात कर प्रस्ताव से संबंधित कॉपी सौंपी थी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने से स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्यभर में रिम्स मील का पत्थर साबित होगा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

श्री मोदी ने कहा कि कृषि से संबंधित एक अरसे से लंबित सुधारों से कृषि क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हो सकेगा और कृषि उत्पादों के व्यापार और विपणन संबंधी अध्यादेश से एक भारत एक मंडी बनाने में मदद मिलेगी

बताया जाता है कि राजस्व उपनिरीक्षक रागनी कच्छप ने जमीन का म्यूटेशन के नाम पर ग्रामीण से तीन हजार रुपये की मांग की थी

डीएसपी के नेतृत्व में निगरानी टीम का गठन कर बरही हल्का कार्यालय में रिष्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा

चतरा जिले में केंद्र की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजनाओं में हुई भारी गड़बड़ियों को लेकर उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने मामले में संलिप्त आरोपी अधिकारियों व कर्मियों के विरुद्व बड़ी कार्रवाई की है

अंडमान में फंसे राज्य के लगभग एक सौ अस्सी श्रमिकों को आज चार्टर प्लेन से रांची लाया जायेगा राज्य सरकार द्वारा इसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए यह पांचवां एयर लिफ्ट किया जायेगा

गिरिडीह जिले में वन विभाग की उदासीनता के कारण बड़े पैमाने पर जंगलों से पेड़ों को काटा जा रहा है जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतिलेदा जंगल में बड़े पैमाने पर सखुआ पेड़ काटे जा रहे हैं गिरिडीह के डीएफओ राजकुमार ने इस सम्बंध में पूछे जाने पर कहा कि ग्रामीणों ने कुछ पेड़ अपने उपयोग के लिए काटे हैं

रांची विष्वविद्यालय के षिक्षकेतर कर्मियों को इसी महीने से वेतन वृद्धि का लाभ मिलने लगेगा विष्वविद्यालय की सिंडिकेट की कल हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी